शुरूआत में कुछ स्थानों पर ईवीएम में खराबी की खबर आई क्षेत्रीय अधिकारियों ने सभी मुद्दों का समाधान कर मतदान को सुचारू रूप से शुरू कराया

राज्य चुनाव अधिकारियों ने आने वाले घंटों में मतदान में तेजी आने की संभावना जताई है

बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के निधन के कारण रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का चुनाव रद्द कर दिया गया है

सभी ईवीएम को शासकीय स्नात्तकोत्तर महाविद्यालय में बनाए गए स्ट्रॉग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है

इन प्रतिभागियों को अब साक्षात्कार के लिये बुलाया जायेगा साक्षात्कार की तारीख की घोषणा बाद में की जायेगी सीबीएसई केन्द्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह ने सीबीएसई और दूसरे बोर्ड के अंकों में असामानता को दूर करने के उपाय खोजने के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को निर्देशित किया है

झण्डा दिवस आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है यह देश की आन बान शान की रक्षा में प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों और रक्षाकर्मियों को सम्मानित करने के लिए हर साल सात दिसम्बर को मनाया जाता है प्रदेश में भी आज सशस्त्र बल झंडा दिवस मनाया जा रहा है राज्यपाल आंनदी बेन पटेल ने लोगों से बहादुर सैनिकों और उनके परिवार के कल्याण के लिये यथाशक्ति दान देने की अपील की है वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झंडा दिवस की शुभकांमनायें देते हुये ट्वीट किया कि आपदा और संकट की घड़ी में देश और देशवासियों के लिये सशस्त्र सेना दीवार बनकर खड़ी होती है भोपाल के सैनिक विश्रामगृह में आज सशस्त्र सेना पर आधारित एक प्रदर्शनी लगाई गई

वहीं एक रोजगार सहायक की सेवा समाप्त करने के साथ साथ दस रोजगार सहायकों को नोटिस जारी किये गये

नमस्कार